मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रविवार को प्रदेश में बाजार खुले रखने को अनुमति भी प्रदान की गई

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की एक बैठक आयोजित की जाएगी इसके बाद मुख्यमंत्री नई राहें नई मंज़िलें योजना को लेकर होने वाली बैठक में भी भाग लेंगे सुनवाई प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शिमला जिले के टूटू व चौपाल और मंडी जिले के धर्मपुर ब्लॉक में प्रधान पदों में रोस्टर की गड़बड़ी को लेकर याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर कल सुनवाई पूरी न होने के कारण अगली सुनवाई आज तक के लिये टाल दी थी प्रार्किंग लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने क्रिसमस और नव वर्ष की पूर्व संध्या के मौके पर लाहौल घाटी में बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद को देखते हुए अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से सिस्सू तक सड़क किनारे गाड़ियों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया है उपायुक्त पंकज राय ने कल पर्यटन एवं स्वच्छता निगरानी के लिए गठित कोर कमेटी के साथ नोर्थ पोर्टल का दौरा कर आदेश जारी किए है उपायुक्त ने कहा कि यदि पर्यटक नॉर्थ पोर्टल और सिस्सु के बीच रूकना चाहते हैं तो भी उन्हें अपनी गाड़ी सिस्सु में ही पार्क करनी होगी

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर जन्म आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी के शब्द हैं नाईट कर्फ्यू में एक घंटे की छूट दिव्य हिमाचल का शीर्षक है जयराम कैबिनेट ने कोरोना बंदिशों में दी छूट चार जिलों में नाईट कर्फ्यू अब रात दस बजे से लगेगा दैनिक जागरण के अनुसार रविवार को खुलेंगी दुकानें रात्रि कर्फ्यू में राहत

प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन कमेटी से शांडिल की छुट्टी विप्लव बनीं अध्यक्ष शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है आनंद शर्मा को राजनीतिक मामले और समन्वय कमेटी से किया बाहर

आपका फैसला के मुताबिक दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ टशीगंग में पहली बार होगा मतदान

हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस तीन कमेटियों का गठन डेमोक्रेसी हिमाचल की खबर है दैनिक भास्कर ने चुनाव आयोग के हवाले से लिखा है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा व्यक्ति